देशभर में हमले पर कड़ी प्रतिकिया गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज स्थिति का जायजा लेने के लिये श्रीनगर के दौरे पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन आज आठवें दिन भी जारी गुर्जर नेता कर्नल बैंसला ने कहा विधेयक पर अध्ययन जारी

इनमें राजस्थान के भी चार सपूत शामिल है

पुलवामा में हुए हमले को देखते हुए आज केन्द्र की सुरक्षा संबंधी मंत्रीमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगी इसमें देश में सुरक्षा की स्थिति पर विचार विमर्श किया जायेगा इधर केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिये आज श्रीनगर जायेंगे

आतंकियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले के बाद देशभर में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है प्रदेशभर में पुलवामा हमले पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है भारत पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की मांग केंद्र सरकार से की है बीकानेर और सीकर में लोगों ने केंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रृद्वाजंलि दी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर कल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बसों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि यह हमला हाल के वर्षों में सी आर पी एफ पर हुआ सबसे घातक और खतरनाक है उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी अपनी कार को सी आर पी एफ की बस से भिड़ा दिया जिससे जबरदस्त विस्फोट हुआ धमाके के बाद आतंकवादियों ने काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी की गंभीर रूप से घायल सुरक्षाकर्मियोंको श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है आकाशवाणी से विशेष भेंट में सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआरभटनागर ने कहा है कि हमले के समय करीब ढाई हजार सुरक्षाकर्मियों का काफिला बसों सेजम्मू से श्रीनगर जा रहा था तब ये हमला हुआ आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान में लगे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में गृहमंत्री राजनाथसिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की है और हमले के बाद की स्थिति का जायजालिया है उन्होंने यह भी कहा कि बहादुर सुरक्षाकर्मियों का बलिदान बेकार नहीं जायेगा और सारा देश बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ एकजुट खड़ा है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बतायाहै एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बल आतंक की ऐसी धिनौनी हरकतोंसे डटकर लोहा लेंगे और उन्हें हराकर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि वे इस हमले से आहतहैं उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्रस्वस्थ होने की कामना की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुलवामा जिले में आतंकी हमले के मद्देनजर सभी निजी टी वी चैनलों को परामर्श जारी किया है इसमें मंत्रालय ने कहा है कि सभी चैनल ऐसी किसी भी सामग्री को लेकर सावधान रहें जिससेहिंसा भड़कने की आशा हो या जिसमें कानून व्यवस्था बनाये रखने के खिलाफ कोई बात हो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना आज से लागू की जाएगी इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को साठ वर्ष की आयु होने पर तीन हजार रुपयेप्रतिमाह की दर से पेंशन सुनिश्चित की गई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चन्द्रा को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है

उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग में अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के अलावा दो निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्रा होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिये आज से जयपुर के दो दिन के दौरे पर रहेंगे श्री अरोड़ा निर्वाचन विभाग के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से भी चर्चा करेंगे गौरतलब है कि अगले महीने के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा किये जाने की संभावना है आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन अभी जारी है सवाईमाधोपुर जिले में रेल और सड़क मार्ग पर जाम आज आठवें दिन भी जारी है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि वे गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक के मसौदे का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में फैसला करेंगे श्री बैंसला ने कहा कि ऐसे कई विधेयक पहले भी पारित हुए हैं इनका कोई महत्व नहीं हैं विधेयक से संबंधित सभी कानूनी बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जायेगा

श्री बैंसला ने समाज से शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रखने का आहवान किया है इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कल कई जगह हल्की झडप भी हुई

यह परीक्षाएं तीन अप्रैल तक चलेंगी सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं अजमेर क्षेत्र के अधीन राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात दादर नगर हवेली क्षेत्र के डेढ़ लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे

पहली बार केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा फरवरी में आयोजित होने जा रही है परीक्षा सुबह साढ़े दस से डेढ़ बजे तक होगी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र पर दस बजे पहुंचना अनिवार्य होगा हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कृषि विज्ञान केन्द्र में आज किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है इस मेले में नवीनतम कृषि उपकरणों की लगभग एक सौ पचीस स्टालें लगाई जायेगी साथ ही किसानों के उत्पाद फल सब्जी पश्ञओं इत्यादि की किसान प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा मेंले में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पंजाब कृषि विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिया जाएगा